केंद्रीय मंत्री बालोददुर्ग केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज बालोद जिले के दल्ली राजहरा में डेढ़ सौ करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले एक संयंत्र की स्थापना के लिए भूमिपूजन किया इस संयंत्र में लो क्वालिटी के फाइंस को अपग्रेड किया जाएगा इस मौके पर उन्होंने दल्ली राजहरा खदान का निरीक्षण करने के अलावा यूनियन के नेताओं से भी मुलाकात की इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने सप्तगिरी पार्क में पौधारोपण किया बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सहयोग के बिना देश में इस्पात उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती उन्होंने कहा कि देश में स्टील की खपत को एक सौ चालीस मीटरिक टन से बढ़ाकर वर्ष दो हजार तीस तक तीन सौ मीटरिक टन करने का लक्ष्य है इसके बढ़ने से बीएसपी का उत्पादन भी बढ़ेगा उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले में लोहा आधारित उद्योग लगाने के लिए पूर्वोदय योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है इसके जरिये स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की योजना है

प्रधानमंत्री ने इस मिशन का शुभारंभ इक्कीस फरवरी दो हजार सोलह को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में किया था इसका उद्देश्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ऐसे ग्राम समूहों को विकसित करना है जिनसे समूचे क्षेत्र में चंहुमुखी विकास का रास्ता खुलेगा उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस मिशन का श्भारंभ देश के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने के लिए किया गया है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 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन के तहत करीब तीन सौ ग्रामीण क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं धान खरीदी प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय सीमा कल खत्म हो गई इस दौरान धान खरीदी का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया इस विपणन वर्ष में धान खरीदी के अंतिम दिन कल शाम तक लगभग तिरासी लाख मीटरिक टन धान की खरीदी हो चुकी थी और देर रात तक खरीदी जारी थी पिछले वर्ष की तुलना में इस साल ढाई लाख से ज्यादा किसानों ने धान बेचा है राज्य में धान खरीदी के लिए पचयासी लाख मीटरिक टन का लक्ष्य रखा गया था पिछले वर्ष अस्सी लाख मीटरिक टन धान खरीदा गया था धान खरीदी प्रदर्शन इस बीच प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय सीमा नहीं बढ़ाए जाने और बारदानों की कमी को लेकर राज्य के कुछ जिलों में पिछले कुछ दिनों से चल रहे किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक कवर्धा में पिछले एक सप्ताह से बारदाना नहीं होने की शिकायत को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में पूरी रात किसान सड़क पर डटे रहे वहीं जिला मुख्यालय में भी धरना प्रदर्शन जारी है उधर बीजापुर जिले में धान नहीं खरीदे जाने के विरोध में किसान आज सुबह सड़कों पर धरने पर बैठ गए वे राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे किसानों के समर्थन में व्यापारियों ने भी अपना प्रतिष्ठान बंद रखा इस बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख पंद्रह दिन आगे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा

ये मासिक कार्यक्रम की बासठवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं लोग अपने सुझाव एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम या माई जीओवी पर भी संदेश भेज सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर कॉल भी कर सकते हैं ये सुझाव कल बाईस फरवरी तक भेजे जा सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आज बिलासपुर जिले के सुदूर क्षेत्र बेलपान में एकदिवसीय समेकित लोकसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी गुजरात पर केंद्रित खान पान और तीर्थयात्रा की प्रदर्शनी तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर सेल्फी प्वाइंट बनाया गया था कार्यक्रम में एसडीएम आनंद रूप तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने लोगों को देश की संस्कृति वसुधैव क्टम्बकम को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और आम जनता को विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से गुजरात के बारे में जानकारी दी साथ ही लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई

मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे फल सब्जी मंडी प्रांगण तुलसी बाराडेरा में पच्चीस फरवरी तक चलने वाले इस मेले में कृषि उपज से संबंधित विभिन्न सामानों उपकरणों और उन्नत किस्म के अनाजों तथा फल सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी यहां राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा इसमें नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी के मॉडल बनाए जाएंगे इसके अलावा मछली पशु और रेशम पालन सहित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी तथा उन्नत कृषि के लिए विशेषज्ञों की परिचर्चा का भी आयोजन किया जाएगा यह प्रदर्शनी सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक आम लोगों और किसानों के लिए खुली रहेगी महाशिवरात्रि देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व आज श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है इस अवसर पर श्रद्वालुओं ने नदियों में पुण्य स्नान भी किया वहीं महानदी पैरी और सोंदूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित राजिम माघी पुन्नी मेला का अब से क्छ देर बाद समापन होगा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे आज सुबह महाशिवरात्रि के अवसर पर माधी पुन्नी मेले में अंतिम शाही स्नान किया गया साध् संतों ने शाही स्नान के बाद भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की सुबह संत समागम स्थल पर सबसे पहले नागा साध्ओं ने शस्त्र पूजा की इसके बाद विभिन्न आश्रमों अखाड़ों और शक्तिपीठों के साध् संत अपने प्रतीक चिन्हों और ध्वजों के साथ संत समागम में शामिल हए आज महाशिवरात्रि होने के कारण राजिम के संगम पर स्थित क्लेश्वर महादेव सहित पंचकोशी परिक्रमा के अन्य महादेव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा माधी पुन्नी मेले का शुभारंभ नौ फरवरी को माघ पुर्णिमा के दिन से हआ था उधर धमतरी के रूद्रेश्वर महादेव मंदिर और जांजगीर चांपा जिले के खरौद में स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही

इस घटना में श्री देवांगन के सिर पर चोटें आई हैं बीएसपी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रायपुर लाया गया है मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद के मुख्य द्वार के पास करीब पांच लोगों ने श्री देवांगन पर जानलेवा हमला किया इसके बाद सभी लोग फरार हो गए अभी तक किसी की पहचान नहीं हो पाई है इमारत ढही राजधानी रायपुर के खमतराई इलाके में आज दो मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए हैं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह यह हादसा हुआ इस भवन में लंबे समय से एक होटल चल रहा था और हादसे के समय वहां की निचली मंजिल में पांच कर्मचारी काम कर रहे थे पुलिस ने मौके पर पहंचकर जांच शुरू कर दी है

इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं